योग दिवस आयोजन की शुरूआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश से हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज का दिन एकजुटता का दिन है योग से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है योग से संयम और सहनशक्ति मिलती है योग सबको साथ लाने का रास्ता है योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता कोरोना काल में सेहत के लिए योग करें और स्वस्थ रहें दूसरी ओर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश वासियों को बधाई देते हुए कहा कि योग स्वस्थ रहने का बेहतरीन माध्यम है उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे सुरक्षा के मापदंडों का पालन करते हुए घर पर रहकर अपने परिवार के साथ योग करें और योग को अपने जीवन में दिनचर्या का हिस्सा बनाएं प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लागतार वृद्धि जारी है

इनमें से अधिकांश लोग राज्य के बाहर से आए हैं जो क्वारंटीन केन्द्रों में रह रहे थे

आज वलयाकार सूर्यग्रहण है यह एक बड़ी खगोलीय घटना है इस वर्ष का पहला सूर्यग्रहण ग्रीष्म अयनकाल में हो रहा है जोकि उत्तरी गोलार्घ में सबसे लंबा दिन होता है वलयाकार सूर्यग्रहण के मार्ग में राजस्थान में अनूपगढ़ और सूरतगढ़ हरियाणा में सिरसा जाखल कुरुक्षेत्र और यमुनानगर उत्तराखंड में देहरादून तपोवन और जोशीमठ क्षेत्र आएंगे और यहां रहने वाले लोग वलयाकार सूर्यग्रहण देख पाएंगे

भारत की पश्चिमी सीमा पर स्थित घेरसाना पहला स्थान होगा जहां से ग्यारह बजकर पचास मिनट पर ग्रहण की वलयाकार स्थिति पहली बार नजर आएगी यह स्थिति तीस सेकेंड तक बनी रहेगी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री डॉ राजीव सैजल ने कहा कि हिमाचल का समान एवं संतुलित विकास वर्तमान सरकार का लक्ष्य है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उपलब्ध धन का पूर्ण उपयोग करने की दिशा में पग उठाए जा रहे हैं डॉ सैजल कल सोलन में आर्थिक गतिविधियों को गति देने के उपायों के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने सभी जिलों में लम्बित विकास कायोँ में शेष धन की पूर्ण जानकारी एकत्र करने के लिए जिलावार बैठकें करने के निर्देश दिए हैं शेष घन के सम्बन्ध में राज्य स्तर पर जनहित में निर्णय लिया जाएगा

उन्होंने कहा इन आदेशों की अवहेलना करने वालों के शस्त्र जब्त कर लिए जाएंगे तथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं वहीं राजघानी शिमला में आज सुबह बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश में मानसून के दस्तक देने से पहले मौसम के मिजाज लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं

वहीं हमीरपुर बिलासपुर उना कांगड़ा मंडी सोलन शिमला सिरमौर चंबा और कुल्लू जिलों में खराब मौसम को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

हमीरपुर सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बना

दिव्य हिमाचल और पंजाब केसरी लिखता है हिमाचल में बनेगी करोना की दवाई बर्फीले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए लाहौल के छरमा से बनेगी दवा की खबर को अमर उजाला ने बॉक्स में प्रकाशित किया है

तीन दिन भारी वर्षा की चेतावनी